कार्यसूची के अनुसार इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

कैबिनेट इस बीच मॉनसून सत्र के बाद आज प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्र जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में शिमला में होगी

ई बुक प्रदेश भाजपा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिये पार्टी द्वारा शूरू की गई विभिन्न गतिविधियों को लेकर ई बूक का प्रकाशन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सेवा ही संगठन ई बुक को जारी करने के बाद कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना भोजन किये न रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भी कोविड आपदा के समय विभिन्न सराहनीय कार्य किये गए हैं

दोनो विधेयकों पर हुई बहस का जबाव देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्व है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग कि रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्या में डेढ गुना बढ़ौतरी की है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है कैबिनेट की आज होने वाली बैठक से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है कैबिनेट बैठक आज स्कूल खोलने पर होगा मंथन चम्बा धर्मशाला और मनाली के बाद अब सभी क्षेत्रों को रात्रि बस सेवा की तैयारी पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल मंत्रिमण्डल की बैठक आज कई रियायतों की उम्मीद जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है स्कूलों विधायक निधि पर आज फैसला संभव बिलासपुर लेह रेललाईनों की उम्मीदों को पंख शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है चीन सीमा तक होगी पहुंच अंतिम सर्वेक्षण के लिये मंडी पहुंची टीम हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त करने की सकारात्मक पहल दैनिक भास्कर की एक खबर है विधानसभा में वॉकआट पर अमर उजाला की खबर है नौकरियों में एससीएसटी आरक्षण न देने पर सदन से विपक्ष का वॉकआउट मुख्यमंत्री के बयान को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है विधानसभा में तमाशा बनकर रह गया विपक्ष वहीं आपका फैसला ने लिखा है विपक्ष में कोई तालमेल नहीं

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में किया स्वच्छता कैफै का शुभारंभ आपका फैसला की खबर है